पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह नगरोटा बगवां में आयोजित जांच दल राज्य सरकार सड़कों पुलों और अन्य सरकारी भवनों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक स्वतंत्र गुणवत्ता जांच दल स्थापित करेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में जीएसटी के कार्यान्वयन और इसके प्रभाव को लेकर आयोजित एक बैठक में ये बात कही उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब और ग्रणवत्ता में कमी पाए जाने पर दोषी ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों के विरूद्व सख्त कार्रवाई की जाएगी जयराम ठाकर ने कहा कि सरकार ऐसी योजना शुरू करने पर विचार कर रही है जिसके तहत कार्यान्वयन एजेंसियों को तय समय अवधि से पूर्व परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा मुख्यमंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग का ऑटोमेशन किया जाएगा ताकि निर्माणाधीन परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद ठेकेदारों से जुड़े विभिन्न मामलों के संबंध में विचार के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वर्षा ऋतु के दौरान भूस्खलन संभावित स्थलों को चिन्हित कर पर्याप्त कर्मी और मशीनरी तैनात करने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि लोगों की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए गंभीर है और इसी सोच के चलते जनमंच कार्यक्रम की शुरूआत की गई है शाहपुर में आज जनसमस्याएं सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से जनता और शासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास किया गया है ताकि लोगों की समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचे

इस बीच नई पैशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन के एक शिष्टमंडल ने कांगडा जिला प्रधान राजिन्द्र मन्हास की अध्यक्षता में शहरी विकास मंत्री से आज शाहपुर में मुलाकात की शिष्टमंडल ने सरवीण चौधरी को एनपीएस कर्मचारियों को केन्द्र के लाभ प्रदान करने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा भेंट स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जे पीनड्डा से भेंट की और शिमला में राज्य कैंसर संस्थान स्वीकृत करने का अनुरोध किया

विपिन परमार ने इस पर होने वाले खर्च के लिए केन्द्र से साढ़े नौ करोड़ रूपये की धनराशि प्रदान करने का आग्रह किया

जेपीनड्डा ने सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि किसानों की फसलों को बर्बाद होने से बचाने के लिए केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चला रही है एक बयान में उन्होंने कहा कि इसके लिए देशभर में नए गोदाम बनाए जा रहे हैं

अनुराग ठाकुर ने कहा कि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले का पूरे देश ने स्वागत किया है और इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है डेंगू बिलासपुर के नोडल अधिकारी डॉक्टर परविन्द्र ने ज़िले में फैले डेंगू रोग की जानकारी देते हुए बताया है कि आज डेंगू के सात नए मामले दर्ज किए गए उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने विभिन्न वार्डो में लोगों के घरों में सफाई करवाई

उन्होंने सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग से टैंकों में पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण करने का आग्रह करते हुए शाम के समय लोगों को जलापूर्ति करने को कहा है उधर मंडी में डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों से बचाव के लिए ज़िला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं और ज़रूरी परामर्श जारी किया गया है उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में डेंगू बुखार की पहचान के लिए विशेष टैस्ट सुविधा उपलब्ध है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीवानंद ने लोगों को सावधानी बरतने और साफ सफाई रखने की सलाह दी है

कृषि निदेशक देसराज ने ये जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा किसानों को बड़े स्तर पर ट्रैक्टर पावर टिल्लर और पावर वीडर उपदान पर मुहैया करवाए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत सरकार द्वारा पहाड़ी खेती के लिए किसानों को नए उपकरण और आधुनिक मशीनरी के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है देसराज ने बताया कि प्रदेश में कृषि उपकरण सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जिनके माध्यम से गरीब किसान व बागवान किराए पर उपकरण ले सकेंगे प्रधानमंत्री संवाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह साढ़े नौ बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्व सहायता समूहों के सदस्यों से सीधे बातचीत करेंगे बातचीत में दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदायल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के तहत काम करने वाले समूह भाग लेंगे इस बातचीत से प्रधानमंत्री को इन समूहों के सदस्यों से सीधे तौर पर यह जानने का अवसर मिलेगा कि वे किन गतिविधियों में लगे हुए हैं और ऐसी गतिविधियों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है यह बातचीत दूरदर्शन और एनआईसी वेबकास्ट पर भी उपलब्ध होगी मनोज सिन्हा केन्द्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने आज भारत संचार निगम लिमिटेड की टेलीफोन इंटरनेट सेवा का उद्घाटन किया इस सेवा से लैंडलाइन नेटवर्क के जरिए ही मोबाइल पर इंटरनेट की सेवा भी प्राप्त होगी जिसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग वीडियो कॉलिंग और अन्य गतिविधियां शामिल हैं इस सेवा का लाभ उठाने के लिए सभी मोबाइल उपभोक्ताओं को बी एस एन एल की एप्लीकेशन विंग्स को डाउनलोड करना होगा और लैंडलाइन के नेटवर्क से मोबाइल को जोड़ना होगा इसके लिए मोबाइल में सिम कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी समिति बैठक प्रदेश विधानसभा सचिवालय में अधीनस्थ विधायन और मानव विकास समितियों की दो दिवसीय बैठकें आज संपन्न हुई अधीनस्थ विधायन समिति ने प्रदेश कार्मिक विभाग से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के भर्ती व प्रोन्नति नियमों को संवीक्षा के बाद अनुमोदित किया

जयंती प्रदेश कला संस्कृति व भाषा अकादमी द्वारा पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम की जयंती का राज्य स्तरीय समारोह आज कांगड़ा ज़िले के नगरोटा बगवां में आयोजित किया गया इस दौरान लेखक गोष्ठी और कहानी व कविता पाठ का आयोजन किया गया इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि बाबा कांशीराम के योगदान के लिए देश व प्रदेशवासी हमेशा उनके कृतज्ञ रहेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कांशीराम के परिजनों की सहमति से राज्य सरकार डाडासीबा में उनके पैतृक गांव गुरनवाड़ स्थित घर का जीर्णोद्वार कर स्मारक के रूप में विकसित करेगी जो उन्हें एक सच्ची श्रद्वांजलि होगी उन्होंने कहा कि इस स्मारक में बाबा कांशीराम से जुड़ी स्मृतियों वस्तुओं और कविताओं को संग्रहित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखा जाएगा जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है रजनी पाटिल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया है वे आज कुल्लू में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल उत्साहवर्धक है रजनी पाटिल ने कहा कि लोकसभा टिकटों के संबंध में केन्द्रीय नेतृत्व ही फैसला लेगा और सभी पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे सम्मेलन को प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह ने भी संबोधित किया